इस दौरान वे तत्तापानी में घाट विकास कार्य और सतलुज नदी के तटों के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री ज़िलास्तरीय मकर संक्रांति मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने सहित जनसभा को भी संबोधित करेंगे इसके बाद जयराम ठाक्र का तत्तापानी के समीप जस्सल संवीधार उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण भी करेंगे

इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है इस पर्व पर धार्मिक सरोवरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं और तुलादान सहित अन्य दान भी करते हैं शिमला व मंडी ज़िला की सीमा पर रिथित तत्तापानी सहित बिलासपुर ज़िले के मारकंड में आज सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्वालू स्नान कर दान इत्यादि कर रहें है ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व पर विशेष रूप से खिचड़ी बनाने का प्रचलन आज भी कायम है राज्य के विभिन्न मंदिरों मे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है पीटीए प्रदेश पीटीए कांट्रैक्ट एसोसिएशन ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि कुल्लू में बीती रात हल्की बर्फबारी हुई है चम्बा में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और पेयजल स्रोत जमने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहीं चंबा पांगी चंबा भरमौर मार्गो पर वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचारपत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है फिर बिछी बर्फ की चादर ठंड भी प्रचंड दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पहाड़ों पर बर्फबारी मैदान तर दैनिक जागरण के अनुसार बर्फबारी से सौ रूटों पर वाहनों के पहिये जाम हिमाचल दस्तक लिखता है पहाड़ों पर बर्फबारी मैदानों में बारिश आपका फैसला का शीर्षक है ऊपरी हिमाचल में प्रचंड ठंड रोहतांग टनल के गेट बंद वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमपात से हिमाचल की तीन सौ सड़कें बाधित अमर उजाला ने प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर के हवाले से खबर दी है अध्यक्ष पद के लिये सुक्खू ने दिया प्रस्ताव वीरभद्र ने समर्थन दैनिक जागरण की सुर्खी है गणेश परिक्रमा करने वालों को संगठन में स्थान नहीं पंजाब केसरी का शीर्षक है वकील नहीं जज की भूमिका में रहूंगा हिमाचल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा राहुल गांधी के एजेंडे पर कार्य करूंगा दिव्य हिमाचल की खबर है खेलो इंडिया में हिमाचल को मिला पहला स्वर्ण क्वालिटी एजुकेशन में देश में दूसरे स्थान पर रहा हिमाचल नीति आयोग की रिपोर्ट में खूलासा दैनिक जागरण की एक खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है शिक्षा विभाग में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय पौंग विकास प्राधिकरण की जरूरत में लिखा है कि प्राधिकरण के गठन से विस्थापित समाज का स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रशस्त होगा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का पर्याय भी जुड़ेगा दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि हिमाचल में बनने वाली कुछ दवाओं के सैंपल बार बार फेल होने से साफ है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है ऐसे उद्योगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है शीर्षक है दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल